सुबह सात बजे से शुरू होकर मतदान शाम छह बजे तक चला

आज के मतदान से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा उनमें केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी विजय कमार सिंह महेश शर्मा सत्यपाल सिंह और हंसराज अहीर शामिल हैं इसके अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों अशोक गजपति राजू हरीश रावत अजीत सिंह संजीव बलयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और एमआईएम के नेता असदउद्दीन ओवैसी के भी राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा

जयपुर संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल तथा निर्दलीय प्रत्याशी बबिता बाधवानी और विर्नोद कुमार सिंगला ने पर्चे भरे हैं

गंगानगर सीट पर सीपीआई के रावतराराम तथा दौसा सीट पर रामफूल मीणा ने भी नामांकन पत्र भरे हैं नागौर करौली धौलपुर भरतपुर अलवर जयपुर ग्रामीण सीकर चूरू बीकानेर संसदीय क्षेत्रों में अभी तक कोई नामांकन पत्र नहीं भरो गया है

उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के विभाग के प्रयासों में मीडिया की सक्रिय भूमिका निभा रहा है

कार्यशाला के बाद श्री कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए मुलभुत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं

झुंझुनू में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि देश में जो विकास हुआ है उसमें कांग्रेस सरकारों का बडा योगदान रहा है उन्होंने केन्द्र सरकार पर विफल रहने का आरोप भी लगाया इससे पहले जयपुर में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री गहलोत ने दावा किया कि इन चुनावों में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और नई सरकार में कांग्रेस की भागीदारी होगी इन जनसभाओं को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा पार्टी के चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने भी संबोधित किया

उन्होंने कहा कि देश को एक दमदार सरकार की जरूरत है न कि दागदार सरकार की

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल के अंदर मोदी सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार से संबंधित किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा है

आज जयप्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राठौड़ ने आरोप लगाया कि राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गयी है और कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं धौलपूर पुलिस अधीक्षक पर गोली चलाये जाने के मामले को उठाते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि माफिया बेखौफ हो चुका है मुख्यमंत्री जनता की परेशानियों को छोड़कर वे जोधपुर में बैठे है

सीकर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रंगोली और मानव श्रंखला बनाई गई महिलाएं भी विभिन्न गीतों के जरिए वोट का महत्व समझा रही है

प्ररे जिले में स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत चार स्वीप रथ तथा कलाजत्थो के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं से वोट डालने की अपील की जा रही है नागौर में इसी कम में आज मेड़तासिटी में वोट बारात निकाली गई

जिनका वो कोई हिसाब किताब नहीं दे सका पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और राशि जब्त कर जांच शुरू कर दी है

प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि कल इस पर फैसला सुनाया जायेगा

ये हादसा जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजेमार्ग पर एक कार के सड़क पर खड़े ट्रक से टकराने से जुआ द्र्घटना में दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि तीन घायलों की नीमराणा के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्य हो गयी जालोर जिले के सायला के पास कार के पलटने से दो लोगों की मृत्यु हो गई

ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि जवाहर नगर थाना कोटा में कार्यरत उप निरीक्षक सुबना वर्मा ने किसी चोरी के मुकदमें में परिवादी के रिश्तेदरों का नाम हटाने की एवज में पचास हजार रूपए की मांग की थी

बाद में अग्नि शमन कर्मचारियों ने आग पर काब पाया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है